मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में चल रहे कोरोना जन आंदोलन को मिल रहे जन सहयोग की सराहना की प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा डेढ़ लाख के पार स्वस्थ होने वालों की संख्या भी हुई सवा लाख से अधिक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

उन्होंने कहा कि आइये कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों हमेशा याद रखें मास्क जरूर पहनें हाथ साफ करते रहें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दो गज की दूरी का पालन करें गौरतलब है कि पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कोरोना से बचाव के ऐतिहाती उपाय अपनाने का आग्रह किया था

कोविड संक्रमण की रोकथाम के उपायों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया यह जन आंदोलन कम लागत और दूरगामी प्रभाव का अभियान साबित होगा अभियान के दौरान कोविड संक्रमण की रोकथाम का संकल्प लिया जाएगा

अभियान की सफलता के लिए केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तथा राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश के विभागों द्वारा संगठित कार्य योजना लागू की जाएगी अधिक संकमण वाले जिलों में अभियान के संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा आसानी से समझ में आने वाले सरल संदेशों पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक आंदोलन का उद्देश्य पहुंच सके मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से ऐहतियातली उपायों का प्रचार प्रसार किया जाएगा संकमण से बचाव संबंधी दिशा निर्देश बैनर पोस्टर होर्डिंग और वॉल पेंटिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्ड से भी प्रदर्शित किए जाएंगे

उन्होंने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा कि कोरोना को केवल जन आंदोलन से हराया जा सकता है

लेकिन राजस्थान में चलाए जा रहे जन आंदोलन को प्रदेशवासियों ने खुलकर सहयोग दिया है उन्होंने कहा कि वे आशा करते हैं कि राजस्थान में सरकार और जनता साथ मिलकर जुर्माने की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे और कोरोना को मात देने में कामयाब होंगे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा डेढ़ लाख के पार पहुंच गया है वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या भी सवा लाख से अधिक हो गई है

वहीं मृत्यु दर एक दशमलव शून्य पांच है

जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में भी आज से नो मास्क नो एंट्री पोस्टर अभियान की शुरूआत होगी

श्री गहलोत कल जयपुर में प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कानून व्यवस्था महिलाओं से संबंधित अपराध संगठित अपराध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने सहित विभिन्न विषयों की गहन समीक्षा की और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए

इससे पहले कल प्रदेश में कथित रूप से बढते अपराधों के विरोध में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा

कल मुख्य संचेतक डॉ महेश जोशी ने बताया कि कांग्रेस ने बहुत पहले से चुनाव की तैयारी कर रखी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद चुनाव होंगे

इस ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट कर वायु सेना के सभी वीर योद्दाओं को बधाई दी है उन्होंने कहा कि आप ना सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदा के समय में भी मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वायु सेना दिवस की बधाई दी है